पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस कानून से पैदा हुए विवाद के कारण विश्व को पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना के बारे में पता चला है हालांकि उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि युवाओं के एक वर्ग को नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में गुमराह किया जा रहा है जबकि इस कानून का उद्देश्य नागरिकता देना है किसी की नागरिकता छीनना नहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश के युवाओं विशेषकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के युवाओं को बताना चाहते हैं कि नागरिकता प्रदान करने के लिए यह कानून रातों रात नहीं बनाया गया है उन्होंने कहा कि हम सभी को यह बात पता होनी चाहिए कि विश्व के किसी भी देश का किसी भी धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत और उसके संविधान में आस्था रखता है वह उचित प्रक्रिया के माध्यम से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है इसमें कोई समस्या नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता देने का समर्थन किया था और उनकी सरकार केवल स्वतंत्रता सेनानियों की इच्छाओं को पूरा कर रही है स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिन पर लखनऊ में आयोजित युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से देश के युवाओं से अपील की कि वे दो हजार बीस में स्थानीय उत्पादों को ही खरीदने का प्रयास करें ताकि देशवासियों की मदद की जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा के चलते ही सरकार संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त करने नागरिकता संशोधन कानून पारित करने और राम मन्दिर के मुद्दे जैसे बड़े फैसले ले सकी पांच दिवसीय तेईसवें राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा उत्सव के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अनेकता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है उन्होंने कहा कि देश में सभी सम्प्रदाय भाषा खानपान रहन सहन अलग अलग हैं लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रश्न पर पूरा राष्ट्र एक हो जाता है श्री योगी ने तेईसवें राष्ट्रीय युवा उत्सव को मिनी कुंभ कहा उन्होंने कहा कि यह आयोजन करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा देगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि उद्घाटन समारोह से पहले कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक दल ने मार्च पास्ट में अपने अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को पेश किया राष्ट्र आज स्वामी विवेकानन्द की जयंती मना रहा है भारत के महान आध्यात्मिक गुरूओं में से एक स्वामी विवेकानन्द ने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को अवगत कराया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद सदैव देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने कर्म और वचन से युवाओं को नई राह दिखायी थी श्री योगी ने कहा कि आज युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के दिखाये रास्ते पर चलने की आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया जिसमें स्वामी जी के व्यक्तित्व और उनके विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया कुशीनगर में बेलवां जंगल के मुसहर टोली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्वयंसेवकों ने राष्ट्र सेवा की शपथ लेते हुए आसपास साफ सफाई की कई स्थानों पर गरीबों को कंबल वितरण भी किया गया मिर्जापुर में भारत विकास परिषद भागीरथी के तत्वावधान में गोष्ठी का आयोजन किया गया केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया आज हापुड़ में नागरिकता संशोधन क़ानून के बारे में लोगों को तथ्यों से अवगत कराने के लिए भाजपा के जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए उन्होंने पदयात्रा के जरिये लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी भी भारतीय को कोई नुकसान नहीं होगा अलीगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पड़ोसी देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए लाया गया है वहीं महोबा में लोक जागरण मंच के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा निकालकर नागरिकता कानून के प्रति समर्थन जुटाया गया